वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिये आज सुबह सहायता समूहों से ज़ुड़ी देशमर की एक करोड़ से अधिक महिलाओं से संवाद में श्री मोदी ने कहा कि स्व सहायता समूह गरीब महिलाओं के लिए आर्थिक आधार बने हैं इस चर्चा में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तहत काम कर रहे स्व सहायता समूहों के सदस्य शामिल हुये प्रधानमंत्री ने प्रदेश की बड़वानी जिले की तीन और सागर जिले की एक महिला से भी सीधे संवाद किया बड़वानी की रेखा गिरासे वंदना कुशवाहा और सुधा बघेल तथा सागर की रेवती चौबे से चर्चा के बाद श्री मोदी ने कहा कि ऐसी महिलाएं ही अपने दम पर देश को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाती हैं

श्री कमलनाथ ने आज कहा कि पार्टी ऐसा इसीलिए करने जा रही है ताकि प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय मिल सके उन्होंने बताया कि वे अगले सप्ताह से प्रदेश का दौरा शुरु करेंगे इसमें हो रही देरी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जिला व प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक गठन और पुनर्गठन का काम अब पूरा किया जा चुका है इसे करने के बाद ही उनका जिले में जाना उचित है छिंदवाड़ा में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता और संगठन में स्वीकार्य प्रत्याशी के लिए सर्वे करवाया जा रहा है और इसमें महिलाओं और युवाओं को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी

मारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के निर्धारित मापदण्ड पूरे करने पर इन सीटों की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है इस तरह अगले साल से एमबीबीएस स्नातक पाठ्यक्रम में कुल सीटें एक हजार तीन सौ पचास हो जायेंगी वर्तमान में सात मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की नौ सौ सीटे उपलब्ध है मेडिकल कॉलेज भोपाल इन्दौर जबलप्र और ग्वालियर में वर्तमान सीटें एक सौ पचास से बढ़कर दो सौ पचास हो जायेंगी वहीं रीवा में सीटों की संख्या सौ से एक सौ पचास हो जायेगी इन मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति और उपकरण खरीदी संबंधी तैयारी पूरी हो चुकी है इसके अलावा जरूरी अधोसंरचना और सिविल कार्य दिसंबर तक पूरे कर लिये जायेंगे इन कार्यो के लिए केन्द्र सरकार से पचहत्तर करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है इन्दौर कॉन्क्लेव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कल चौथा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइन्स एण्ड मिनरल्स का आयोजन किया जायेगा इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे नेशनल कॉन्क्लेव में देश के प्रमुख खनिज सम्पदा वाले बाईस राज्यों के प्रतिनिधि मण्डल भी भाग लेंगे कॉन्क्लेव में मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से दी जायेगी कॉन्क्लेव के आयोजन का मूल उद्देश्य देश में खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए बाघाओं का निराकरण करवाना है पुलिस पदक गृह मंत्रालय ने पूलिस सेवा में दक्षता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले उन सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित करने के लिए पांच पुलिस पदक शुरू किए हैं जो तनावपूर्ण स्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हैं इन पदकों में केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक असाधारण आसूचना कुशलता पदक उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृहमंत्री पदक शामिल हैं

लगातार बारिश के चलते राजघानी के कई प्रमुख चौराहों पर लगे सिग्नल भी खराब हो गए इसके चलते सड़कों पर जगह जगह जाम की स्थिति भी बन गई इंदौर में भी कल देर रात से भारी बारिश जारी रहने की खबर है वहीं हमारे शाजापुर संवाददाता ने बताया है कि दो दिनों से रूक रूककर हो रही बारिश से चीलर डेम में भी पानी बढ़ गया है मौसम विभाग ने कल ही भोपाल समेत प्रदेश के इंदौर उज्जैन जबलपुर और शहडोल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी

कई जिलों में बाढ की स्थिति भी बन सकती है

कल आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग सत्रह करोड़ राशि के बिल माफ किये गये

एसपी ने थाने के दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया